प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये चुनाव प्रचार तेज हो गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनायेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में काफी सुधार आया है और जनता का विश्वास जीतने में पार्टी सफल हुई है

अमेठी के सलोन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश में पचपन साल तक राज किया लेकिन कभी भी किसानों की सुधि नहीं ली उन्होंने कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में देशद्रोह कानून खत्म किये जाने का वादा करने पर कहा कि देश की जनता राष्ट्र विरोधी लोगों का कभी समर्थन नहीं करेगी और चुनाव में उन्हें सबक सिखायेगी

भाजपा अध्यक्ष ने सल्तानपुर के लम्भुआ में विजय संकल्प पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कहा कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार से बचने के लिये एकजुट हो गये हैं

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपने अपने प्रत्याशिया के पक्ष में रैलियां और जनसभाएं कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अमरोहा और सहारनपुर में विजय संकल्प जनसभाओं को संबोधित करेंगे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिये प्रदेश में दस सीटों पर नामांकन दाखिल करने की समय सीमा आज शाम समाप्त हो गई

नामांकन के आखिरी दिन आज बदायूं से भाजपा प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य सहित सोलह लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये संघमित्रा मौर्य भाजपा नेता स्वामी प्रसाद मौय की बेटी है पीलीभीत में आज नामांकन के आखिरी दिन नौ प्रत्याशियों ने अपने पर्चे भरे इस सीट पर अब तक सोलह प्रत्याशियों के नामांकन हो चुके हैं

तीसरे चरण में मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूं आंवला बरेली और पीलीभीत संसदीय सीट पर तेईस अप्रैल को मतदान कराया जायेगा तीसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले मुख्य उम्मीदवारों में मैनपुरी से सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव बरेली से भाजपा के वरिष्ठ नता संतोष गंगवार बदायूं से सपा के धर्मेन्द्र यादव रामपुर से भाजपा की जया प्रदा मुरादाबाद से सपा के एसटी हसन और संभल से कांग्रेस के मेजर जगतपाल सिंह शामिल है इस चरण के दस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक करोड़ छिहत्तर लाख मतदाता है जिनमें पंचानवें लाख पचास हजार पुरूष मतदाता अस्सी लाख नौ हजार महिला तथा नौ सौ तिरासी थर्ड जेंडर के मतदाता है इन क्षेत्रों में चुनाव के लिये बारह हजार एक सौ अट्ठाईस मतदान केन्द्र तथा बीस हजार एक सौ दस मतदेय स्थल बनाये गये हैं लोकसभा चुनाव के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से तैयार है और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिये कई स्तरीय सुरक्षा इंतजाम कर रही है

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हम लोगों ने जितने भी क्रीट मैलिटी फैक्टर्स है और मैपिंग है उन सबको हम लोगों ने देख लिया है और जितने भी दिशा निर्देश है उनका पालन हम लोगों ने किया है हमने जितने भो पोंटिशयल फर्म मेकर्स है उनके विरूद्ध कार्यवाही किया है और सबसे बड़ी चीज है इस बार में चुनाव में हमने मल्टीलेयर्ड प्रिविटव एक्शन लिये है उदाहरण के तौर पर हमने जो मनविक्टिड क्रिमनल है और दो अण्डर ट्रायलर्स है उन सबको संबंध में जो इस प्रकार के आरोपी जमानत पर है उन सभो को हमने सुरक्षा का बाण्ड भरने के लिये कहा है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

गोरखपुर से वर्तमान सांसद और निषाद पार्टी के उपाध्यक्ष प्रवीण निषाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये हैं

पिछले साल गोरखपुर में हुए लोकसभा उप चुनाव में समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी से गठबंधन कर प्रवीण निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया था प्रवीण निषाद के साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी भाजपा में शामिल हो गये हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रवीण निषाद के भाजपा में शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है कि यह भाजपा के लिये घाटे का सौदा होगा क्योंकि जनता ने गोरखपुर उपचुनाव में सांसद को नहीं बल्कि एकजुट हुए महागठबंधन को जिताया था

श्री सिंह ने कहा कि राज्यों के लिए निष्पादन आधारित कोष बनाने के बारे में और अधिक काम करने की आवश्यकता है

उन्होंने बताया कि इस संबंध म सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं

इन पोस्टरों को सार्वजनिक स्थानों पर जगह जगह लगवाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपने दिये मत की पहचान कर सके कि जिस प्रत्याशी को उसने वोट दिया है वह मत उसी प्रत्याशी को ही गया है उन्होंने बताया कि वीवीपैट ईवीएम से जुड़ी एक मशीन है जिसके द्वारा मतदाता अपने वोट का सत्यापन कर सकते हैं

उच्चतम न्यायालय राजनीतिक दलों को धन मुहैया कराने के लिए चुनावी बॉड जारी करने के केन्द्र के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर पांच अप्रैल को समुचित पीठ सुनवाई करेगी मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह और भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान सहित दस उम्मीदवारों को चुनावी व्यय से संबंधित ब्यौरा समय से उपलब्ध न कराने पर नोटिस जारी किया गया है

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों को अपनी आय और व्यय का विवरण दिये जाने के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं एशियाई विकास बैंक ने भारत की वृद्धि दर मे और तेजी आने की संभावना व्यक्त की है कल जारी एक रिर्पोट में बैंक ने कहा कि उपभोग बढ़ने पर भारत की विकास दर मौजूदा वित्त वर्ष में सात दशमलव दो प्रतिशत रहने की संभावना है